जयपुर सवाईमाधोपुर झालावाड कोटा बूंदी और पाली जिलों में कई स्थानों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है

बस्सी और चाकसू तहसीलों में पिछले दो दिन में हुई भारी बारिष से कई जगह एनीकट और छोटे तालाब टूट गये हैं बस्सी समेत कई गांवों में कल से बिजली गुल है चाकसू में लगातार हो रही बारिष से तीन तालाब टूट गये वहीं कुछ बडे तालाबों में सुराख होने से हालात चिंताजनक बने हुए हैं जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने आज चाकसू का दौरा कर अधिकारियों को आवष्यक ऐतिहासिक उपाय करने के निर्देष दिये आकाषवाणी से बातचीत में श्री सिंह ने बताया कि लगातार हो रही बारिष से तालाबों में पानी की आवक बनी हुई है

राजधानी में भी आज दिनभर रूक रूककर बारिष होती रही इससे कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया और यातायात प्रभावित रहा सीकर जिले में अनेक इलाकों में पानी भर गया है जिला कलेक्टर रामचंद्र देनवाल ने बताया कि जिले में बारिश से हुए हादसों में पांच लोगों की मौत हुई है प्रशासन ने बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है भीलवाड़ा जिले की रूपपुरा ग्राम पंचायत में आज बारिश के कारण एक मकान ढहने से एक महिला की मौत हो गई जबकि एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया सवाईमाधोपुर में बुधवार रात से बारिश जारी है

ब्रंदी जिले की घोड़ापछाड़ नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है वहीं कार्जुना नदी और चंद्रभंगा नदी उफान पर हैं मेज नदी में भी जलस्तर बढ गया है जिले की श्यामू पुलिया पर चादर चल रही है

शहरी क्षेत्र में भी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है

वस्तु और सेवाकर जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों तथा चार्जरों पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया है नयी दरें एक अगस्त से प्रभावी होंगी

यह कदम पर्यावरण के अनुकूल आवागमन के समाधानों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है

यह निर्णय भी एक अगस्त से प्रभावी होगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इससे जुड़े मसौदे पर संबंधित पक्षों की राय मांगी है

फिटर्नेस परीक्षण के लिए वाहन मालिकों को अतिरिक्त शुल्क भी जमा करना होगा

इस हवाई पट्टी के बन जाने से जिले के मुकदरा बाघ अभ्यारण्य में आने वाले पर्यटकों को हवाई सुविधा मिलेगी जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं इसके बाद चिकित्सा निदेशालय ने राज्य के सभी सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि वे हाईवे पर पड़ने वाले होटलों ढाबों में प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करें जिसमें इनके संचालकों और वहां काम करने वाले दूसरो लोगों को प्राथमिक उपचार का पूरा प्रशिक्षण दिया जाए निदेशालय ने ये भी कहा है कि प्रशिक्षण के बाद इन सभी लोगों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाए

एक दिवसीय दौरे पर आज जयपुर आए श्री अठावले ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा की बैठक में अनुसूचित जाति स्पेशल कंपोनेंट प्लान की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा राज्य की जनसंख्या तथा भौगोलिक क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को आवश्यकता अनुसार बजट उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पात्र विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जा सके बैठक में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों और विभिन्न योजनाओं के प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा इसका प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा इसे आकाशवाणी की वेबसाइट डबल्यू डबल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडिया डोट जी ओ वी डॉट आई एन तथा न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर भी सुना जा सकता है मन की बात कार्यकम न्यूज ऑन एआईआर एप पर भी उपलब्ध होगा

उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से पानी शहर में पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी

शहीदों के परिजनों ने इस प्रदर्शनी का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया

समूचा राष्ट्र आज देश के लाडले वैज्ञानिक को श्रद्दासुमन अर्पित कर रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने टिवटर संदेश में डॉ कलाम को श्रद्वासुमन अर्पित करते हुए कहा कि डॉ कलाम का सादा जीवन और दूरदर्शी सोच भारत के लिये हमेशा प्रेरणादायी रहेगी

भरतपुर में आज पर्यटन और देवस्थान मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने जनसुनवाई की हनुमानगढ जिले में पुलिस ने डोडा पोस्त की तस्करी के मामले में पंजाब की दो महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ़्तार किया है